प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित स्वच्छ मोबिलिटी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का सशक्त साधन है और अर्थव्यवस्था का अहम घटक भी है नई दिल्ली में आज देश के पहले वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ मोबिलिटी का अर्थ है वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना श्री मोदी ने कहा कि मोबिलिटी शहरीकरण का मुख्य केन्द्र है और इससे आर्थिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन की भावना समूचे देश में दिखाई दे रही है देश आगे बढ़ रहा है तथा अर्थव्यवस्था भी विकास की ओर अग्रसर है श्री मोदी ने कहा कि जीवन को सरल बनाने में मोबिलिटी की प्रमुख भूमिका है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला माध्यम हो सरकार वाहनों के लिए स्वच्छ और कम ऊर्जा की खपत वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है नीति आयोग की ओर से आयोजित दो दिन के इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने पर चर्चा करना है सम्मेलन में पांच विषयों विद्यूतीकरण और वैकल्पिक ईधन सार्वजनिक परिवहन के नये साधन माल परिवहन और डेटा विश्लेषण पर प्रमुखता से चर्चा होगी पूरे विश्व से दो हजार दो सौ से अधिक प्रतिभागी आयोजन में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और प्रदेश की सरकार गरीबों वंचितों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एंव पिछड़ों सहित समाज के सभी वर्गो के विकास के लिए बिना किसी भदभाव के काम कर रही है वह आज लखनऊ में विश्ववेश्वरैया सभागार में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित निषाद समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश और समाज की रक्षा के लिए निषाद समाज सदैव समर्पित रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गो को शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार लोक कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का अब उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग का सम्मान और अधिकार स्रक्षित है श्री मौर्य कल लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित भुर्जी समाज की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण ही अगड़े पिछड़े और दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा ने सदैव पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान लालगंज स्थित रेल कोच कारखानें का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यो की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की केन्द्रीय मंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले में जनप्रतिनिधियों की बैठक को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल मं ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ग्राम पंचायतों को तीन गुना अधिक धनराशि दी है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में घर घर शौचालय बनाने के काम में तेजी आई है उन्होंने रायबरेली में महिला लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित चेक भी वितरित किये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

खेलो इंडिया कार्यक्रम के परिणाम राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दिए हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में खेलमंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के शानदार परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देंगे बड़े योजनाबद्ध तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है ये तो शुरू से लगातार और हमें प्ररा विश्वास है कि अब जब खेलो इंडिया जैसी स्कीम अगले दस साल चलेगी तो आप देखिएगा क्या बदलाव पूरे भारत में आएगा कर्नल राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं की सराहना की

उन्होंने कहा कि खिलाडियों के लिए धन की कभी भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी खेलमंत्री का यह साक्षात्कार हिन्दी में आज शाम सात बजकर पैंतीस मिनट पर इंद्रप्रस्थ चनल पर और अंग्रेजी में रात नौ बजकर पंद्रह मिनट पर एफ एम गोल्ड चनल पर प्रसारित होगा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत के रिक्त पदों पर चुनाव कराने के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है

इन पदों के लिए तेरह सितम्बर को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते है

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ और चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किफायती स्वास्थ चिकित्सा सुविधाएं और सबके लिए स्वास्थ बीमा योजना उपलब्ध कराने पर काम कर रही है श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र ने बुजुर्गों की स्वास्थ देखभाल की लिए कई कदम उठाए हैं गृहमंत्री ने हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आधनिक तकनीक अपनाने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की सराहना की प्रदेश में गिरते भू जलस्तर को सुधारने के लिए पुराने कुओं तालाबों और परम्परागत जल स्रोतों का मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार कराया जायेगा

उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए नीति तैयार की है लेकिन पेयजल परियोजनाओं का संरक्षण जनता की भागीदारी के बिना संभव नहीं है सरकार ने बिजली और वैकल्पिक ईधन से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला किया है देश में इस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन एसआईएएम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बिजली चालित वाहनों तथा एथनॉल बायोडीजल सीएनजी मिथेनॉल और जैविक ईधन का उपयोग करने वाले ऑटो रिक्शा बसों और टैक्सियों समेत सभी वाहनों को परमिट की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स और घरेलू उपकरण बनाने वाली प्रमुख कम्पनी हायर अपलायसेंस इंडिया ग्रेटर नोएडा में अपना औद्योगिक संयंत्र स्थापित करेगी हायर कम्पनी ने यहां इंफ्रास्टक्चर लगाने के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रूपये का निवेश करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज इससे संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये ग्रेटर नोएडा में इस संयंत्र के स्थापित होने से चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष और दस हजार से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है